पलामू जिले में दो लाख का ईनामी नक्सली गिरफ्तार अन्य नक्सलियो की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी जारी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने श्रावणी मेला का आयोजन इस वर्ष नहीं करने का निर्णय लिया है हमें सामाजिक व्यवस्था और परंपरा को स्थगित रखते हुए कार्य करना है राज्य सरकार राज्यवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है

श्री सोरेन मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रॅसिंग के माध्यम से श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर दुमका एवं देवघर उपायुक्त को निदेश दे रहे थे

इस तरह से राज्य में कोरोना संक्रमण से ठीक हो रहे मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है

आज स्वस्थ हुए लोगों में हजारीबाग में तैतीस और कोडरमा में नौ लोग स्वस्थ हुए हैं

उन्होंने घर घर जाकर गहन जन स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया था सहिया दीदीयों ने कोरोना संक्रमण के उच्च जोखिम वाले या गंभीर श्वसन रोगों से पीड़ित चालीस साल से अधिक आय के पचपन हजार दो सौ पंद्रह लोगों की पहचान की वहीं राज्य सरकार ने दीदियों द्वारा पहचाने गए विभिन्न रोगों से पीड़ित उच्च जोखिम वाले लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जांच का निर्णय लिया है

कार्यक्रम रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है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

गिरफ़तार नक्सली पर दो लाख का इनाम घोषित था पलामू के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के एरिया कमांडर नेपाली उर्फ गोराई गंझू अपने एक रिश्तेदार के घर चक आया हुआ है

पश्चिमी सिंहभूम जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में आधुनिक तकनीकों और रोबोटिक्स उपकरणों से लैस अटल टिंकरिंग लैब बनकर तैयार हो गया है इस लैब के स्थापित होने से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी उच्च स्तरीय प्रयोगशाला की सुविधा मिलने लगी है

साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर अनुमंडल मुख्यालय में कांग्रेस द्वारा धरना भी दिया गया वहीं खूंटी जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में आज कॉग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों और पेट्रोल डीजल में बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के परिचालन के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है इसके जरिये एक सौ नौ मार्गो पर एक सौ इक्यावन जोड़ी ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा इस परियोजना की अवधि पैंतीस साल होगी इसके लिए निजी कंपनियों को रेलवे द्वारा निर्धारित राषि का एकमुष्त भुगतान करना होगा रेलवे ने यह भी कहा है कि इन ट्रेनों को भारतीय रेलवे के ड्राइवर और गार्ड ही चलायेंगे इसके साथ ही ट्रेनों का संचालन भारतीय रेल द्वारा पूर्व में निर्धारित मानकों के आधार पर किया जायेगा

झारखंड सरकार ने चार आइपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है गिरिंडीह के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा को राजधानी रांची का वरीय पुलिस अधीक्षक बनाया गया है वह अनीश गुप्ता की जगह लेंगे

रामगढ़ थाना क्षेत्र के रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार और दो ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी इस हादसे में कार पर सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई इधर गुमला सदर थाना क्षेत्र के डेवीडीह गांव के निकट आज एक मोटरसाइकिल और ट्रक की सीधी भिड़त में एक युवती सहित दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो युवतियां घायल हो गई है दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल गुमला में चल रहा है जिन्हें चिकित्सकों ने खतरे से बाहर बताया है

राज्य में तीन से पांच जुलाई तक जोरदार बारिश होने की संभावना है इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश के साथ ही वजपात की चेतावनी जारी की गई है रांची मौसम विभाग के निदेशक डॉ एसडी कोटाल ने कहा कि जून में झारखंड में मॉनसून सामान्य रहा है